अब समाचार विस्तार से मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कमल नाथ ने इन्दौर जिले के रंगवासा में स्थापित हो रहे कन्फेक्शनेरी क्लस्टर में स्थापित होने वाली ईकाइयों में अक्टूबर माह से उत्पादन शुरु करने के निर्देश दिये हैं श्री कमल नाथ कल भोपाल में उदयोग विभाग के अधिकारियों तथा इन्दौर कन्फेक्शनेरी एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल के साथ कन्फेक्शनेरी क्लस्टर परियोजना की समीक्षा कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार आधारित परियोजनाओं का क्रियान्वयन शीघ्रता से किया जाना चाहिए उन्होंने क्लस्टर में अधोसंरचना संबंधी कार्य समय सीमा में पूरे करने को कहा

हिन्दी संगोष्ठी केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा है कि देश को एक सूत्र में बांधने का सबसे सशक्त माध्यम हिन्दी भाषा है उन्होंने कल कान्हा में आयोजित राष्ट्रीय हिन्दी संगोष्ठी में कहा कि हिन्दी को जन जन की भाषा बनाने के लिए आजादी के पूर्व से ही प्रयास किये जा रहे हैं और महात्मा गांधी ने भी आजादी की लड़ाई में हिन्दी का उपयोग कर इसे मजबूत बनाया श्री कुलस्ते ने कहा कि आज विदेशों में भी लोग हिन्दी भाषा सीखने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं केन्द्रीय मंत्री ने डिजिटल यूग में हिन्दी के विकास के लिए और प्रयास किये जाने पर जोर दिया मैग्नीज ओर इंडिया लिमिटेड नागपुर द्वारा इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया था प्रवासी दिवस आज प्रवासी भारतीय दिवस है यह दिन भारत के विकास में विदेशों में बसे भारतीय समुदाय के योगदान के लिए हर वर्ष मनाया जाता है

नागरिकता नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष में भाजपा द्वारा प्रदेश में कार्यकम आयोजित किये जा रहे हैं इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कल छतरपुर में नागरिकों की एक संगोष्ठी में कहा कि इस कानून के द्वारा पाकिस्तान सहित तीन देशों में उत्पीड़न झेल रहे वहां के अल्पसंख्यक भारत की नागरिकता हासिल कर सकेंगे सुश्री भारती ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश का बटवारा करवाया था वहीं भाजपा के शासनकाल में अल्पसंख्यकों के हितों को हमेशा संरक्षण मिला है इन्दौर में भी कल भाजपा कार्यालय में सिख समाज के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियो की जागरुकता बैठक में कानून के बारे में जानकारी दी गई इस अवसर पर उपस्थित सिख समाज ने कानून के पक्ष में अपना समर्थन जाहिर किया वहीं सतना में सांसद गणेश सिंह ने बुद्दीजीवियों के साथ संगोष्ठी में कानून को लेकर फैली गलतफहमियों को दूर किया होशंगाबाद में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव आज कानून के संबंध में प्रबुद्ध जनों की संगोष्ठी को संबोधित करेंगे जिले के चारों विधायक भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे कांग्रेस सेवादल भोपाल के बैरागढ़ में चल रहे कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा और संघ फासिस्टवादी तरीके से देश को चलाना चाहते हैं नागरिकता संशोधन कानून को लेकर चल रही बहस के संबंध में उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न जाति और धर्म के लोग निवास करते हैं और भारत की संस्कृति हमेशा से विविधतापूर्ण रही है

आयकर विभाग के प्रधान मुख्य आयुक्त अजय कुमार चौहान ने कल इन्दौर में एक समीक्षा बैठक के बाद संवाददाताओं से यह बात कही उन्होंने कहा हम नए करदाता के लिए केंद्रीय और राज्य जीएसटी के आंकड़ों की भी मदद ले रहे हैं श्री चौहान ने कहा हमारी विशेष रूप से उन व्यापारिक संस्थानों पर नजर हैं जो कर के दायरे में होने के बावजूद जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे हैं हम ऐसे सभी संस्थानों को आयकर भूगतान की मुख्य धारा में शामिल करेंगे

ये दल शहर के अलग अगल क्षेत्रों में जाकर लोगों से शहर की स्वच्छता को लेकर सवाल कर रहा है

राज्यपाल राज्यपाल लालजी टंडन ने युवाओं के देश की संस्कृति इतिहास और समृद्धशाली विरासत को जानने की जरूरत पर जोर दिया है उन्होंने कल जबलपुर में पं द्वारका प्रसाद मिश्र इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी डिजाइन एण्ड मैनेजमेंट के दसवें दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं का आव्हान किया कि वे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नये शोध और अनुसंधानों से जुड़कर दुनिया में देश का नाम रोशन करें

इन चयनित बाल वैज्ञानिकों ने खदानों के अंदर फंसे हुये व्यक्ति की सहायता के लिए रोबोट खोज मशीन स्वचलित गेट सेनेटरी नेपकीन और एडजस्टेबल टेबल कुर्सी जैसे नवीन तकनीक आधारित मॉडल बनाए थे कैम्पा निधि मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा है कि कैम्पा निधि का उपयोग वन्य प्राणी क्षेत्र प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने और स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने में किया जाये श्री कमल नाथ ने कल भोपाल में कैम्पा की राज्य प्राधिकरण की शासी निकाय की बैठक में यह निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि कैम्पा निधि के उपयोग के संबंध में नीतिगत प्राथमिकताएँ तय की जाएं उन्होंने कहा कि जब वे वन एवं पर्यावरण मंत्री थे तब इसकी शुरुआत हुई थी उन्होंने कहा कि इसके जरिए वन्य प्राणी क्षेत्रों में व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने के साथ वहाँ आस पास रह रहे लोगों के लिए आजीविका के साधन उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाये खेलो इंडिया गुवाहाटी में कल से खेलो इंडिया युवा खेलों का तीसरा संस्करण शुरू हो रहा है

आज उन्होंने इस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था